राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार एक मजबूत सुरक्षित समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार कुशासन से लोगों को हुए कष्टों को दूर करके उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार लोकसभा के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं चनकर आई हैं

यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की विविधताओं का प्रतिबिंब इस संयुक्त सत्र में दिख रहा है हर आयु के गांव और शहर के हर प्रोफेशन के लोग दोनों सदनों के सदस्य हैं सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब प्रत्येक किसान को देने का फैसला किया गया है उन्होंने छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं के लिए पेंशन योजना की प्रशंसा की बाइट किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे द्रकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल महिलाओं का विकास न होकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास का होना है

उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया कि वे बहनों और बेटियों के जीवन को और अधिक सम्मानपूर्ण बनाने के लिए सरकार के इन प्रयासों का समर्थन करें राष्ट्रपति ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मतदाताओं ने अपने सभी काम छोड़कर और कठिनाइओं को नजर अंदाज करते हुए मतदान में हिस्सा लिया इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का अहसास होना चाहिए और मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था द्रनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की बैठक के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए एक समिति गठित करेंगे

राजनाथ सिंह ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बैठक के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन किया बाइट ज्यादातर सदस्यों ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है थोड़ी बहत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीपीआई सीपीएम की रही है लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए इसका सीधा अपोज नहीं किया लेकिन उन्होंने इसके संबंध में आशंका व्यक्त की इसे आप कैसे लागू करेंगे अब प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में यह कहा कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो निर्धारित सीमा में इससे जुड़े सभी पक्षों पर विचार करके अपने सुझाव देगी मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में विधानभवन और सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों को मोबाइल फोन लेकर आने की इजाजत नहीं होगी श्री योगी आज लखनऊ में सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने सचिवालय और विधानसभा से सम्बंधित सभी भवनों की सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि विधानभवन लोकभवन सहित आस पास लगे होर्डिंग बैनरों और पोस्टरों को तत्काल हटा दिया जाये मुख्यमंत्री ने निदेश दिये कि भ्रष्ट दागी आर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त तथा शासन की मंशा के प्रतिक्ल आचरण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली जिला संयुक्त अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निलंबित कर दिया है उन्होंने महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं अस्पताल की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत होने की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है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

हमारे संवाददाता ने बताया है कि गोताखोरों को खोज अभियान में लगाया गया है ताजा प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन बच्चों के शव ढूंढे जा चुके थे शेष चार की तलाश जारी है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को भी राहत कार्यों में लगाया गया है लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक एस के भगत ने बताया कि पानी का बहाव तेज होने की वजह से बच्चों की तलाश में बाधा आ रही है नहर में पानी को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं पिछले कई दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाये रहने धूल भरी आंधियां और बूंदा बांदी से लेकर हल्की वर्षा के चलते तापमान में काफी गिरावट आयी है बुंदेलखंड में उन्चास डिग्री को पार कर गया तापमान कई अंक नीचे आ गया जिससे लोगों को कुछ राहत मिली लेकिन राज्य में लू और गरमी के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है हमारे अयाध्या प्रतिनिधि ने बताया है कि ऊंचे तापमान के चलते फसलों को नुकसान पहुंच रहा है डिस्पैच किसानों को बरसात का इंतजार है जिसके न हो पाने के कारण किसान अब तक जुताई नहीं कर सके साथ ही इस गरमी में तापमान के कारण मेंथा गन्ना और कद्दू वर्गीय सब्जियों का काफी हानि पहुंची है यह अलग बात है कि दो दिनों से जनपद में बादल छाये हुए है और तापमान कम होने से लोगों को गरमी से राहत मिली है किन्तु बरसात न होने के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी है राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या कल देश और प्रदश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रदेश में योग दिवस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं मुख्य आयोजन लखनऊ में राजभवन में आयोजित किया जायेगा जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री उच्चाधिकारी और गणमाण्य व्यक्ति भाग लेंगे

प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय मंत्री जनरल वीक सिंह का गाजियाबाद सूर्यप्रताप शाही ललितपुर ब्रजेश पाठक सीतापुर चेतन चौहान फर्रूखाबाद सतीश महाना का कानपुर में योग आयोजन मे भाग लेने का कार्यक्रम है योग दिवस पर जागरूकता के लिए राज्य में पहले से ही योग पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है आज विश्व शरणार्थी दिवस है

इस वर्ष का विषय है एक कदम शरणार्थियों के साथ विश्व शरणार्थी दिवस पर एक कदम बढ़ाएं संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा जारी ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष के अंत तक सात करोड़ आठ लाख बच्चों महिलाओं और पुरुषों को बल पूर्वक विस्थापित किया गया

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध हिंसा और अत्याचार की वजह से विश्व भर में लोगों को रिकार्ड संख्या में अपने घर छोड़ने पड़े हैं